सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने हरियाणा के पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल को जमीन आवंटन के मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजेएल के खिलाफ आज आरोप पत्र दायर किया सीबीआई ने नयी दिल्ली में बताया कि जांच एजेंसी ने पंचकूला की विशेष अदालत में इन नेताओं और एजेएल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया श्री हुड्डा के खिलाफ एजेएल को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटित करने का आरोप है

पुनर्मतदान अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र मौहरी में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान सम्पन्न हो गया है

एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है एचआईवी रोग से पीड़ित मरीजों को ईलाज के लिए प्रेरित करने और लोगों को इससे बचाव के उपायों से परिचित कराने के लिए हर वर्ष एक दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश में कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं शिवपुरी जिले में नाउ योर स्टेटस थीम पर आधारित एड्स जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ जिले के कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये इस मौके पर आगरमालवा जिले में भी एड्स जागरूकता सप्ताह की शुरूआत हुई हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे विश्व एड्स दिवस के मौके पर गुना में विशाल रैली का आयोजन किया गया यह रैली शहर के प्रमुख मार्गो से होकर निकली जो जिला चिकित्सालय परिसर में समाप्त हई इंदौर में भी इस अवसर पर कई जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं विश्व एड्स दिवस के मौके पर लोगों को इसके बचाव के उपायों से परिचित कराने के लिये जागरूकता रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किये गये इसी तरह के समाचार खंडवाउज्जैन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिल रहे हैं

संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम यूएन एड्स भारत मामलों के निदेशक बिलाली कमारा ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि देश में एचआईवी एड्स संकमण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है आयोग फटकार राज्य सूचना आयोग ने परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध न कराने के आरोप में उज्जैन के विक्रम विश्व विद्यालय के कुलपति को दस दिसम्बर को आयोग के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिये गये आयोग ने आज भोपाल में विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इस मामले में तत्कालीन कुल सचिव के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें भी दस दिसम्बर को आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिये गये हैं

इस बीच प्रदेश के कई जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाडे ने बताया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपेट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है इनकी सुरक्षा के लिये एक राजपत्रित अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी राउण्ड द क्लाक ड्यूटी लगाई गई है मण्डला जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थानिय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाये गये तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गौरतलब है कि कांग्रेस सहित कुछ दलों ने स्ट्रांग रूम में रखे गये ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये हैं

रणजी ट्रॉफी तिरूअनंतपुरम में खेले गये रणजी ट्राफी एलीट ग्रूप बी के एक मुकाबले में मध्यप्रदेश ने केरल को पांच विकेट से हरा दिया है

इनमें बैंक रिकवरी मोटर द्र्घटना क्षतिपूर्ति दावा श्रम विवाद विद्युत जलकर वैवाहिक भूमि अधिग्रहण सेवानिवृत्ति राजस्व दूरसंचार के बकाया बिल संबंधी प्रकरणों की सुनवाई होगी लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत मामलों को निपटाया जायेगा बैतूल में आठ दिसम्बर को आयोजित होने वाले लोक अदालत के दौरान दीवानी और आपराधिक सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की जायेगी

इसके लिए बकायादारों को लोक अदालतों में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं नेताजी वामदल वामपंथी दलों ने केन्द्र सरकार से नेताजी सुभाषचन्द बोस की जयंती देशप्रेम दिवस के रूप में मनाये जाने की मांग की है पांच वामपंथी दलों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुनाव के मद्देनजर नेताजी का नाम भुनाने का आरोप लगाया है इन दलों ने कहा है कि नेताजी ने सदैव समावेशी राजनीति की तथा हर जाति और धर्म के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया देश उन्हें जननायक के रूप में देखता है

दिन में ध्रप की तेजी मे कमी आई है वहीं रातें सर्द होने लगी है